मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को धान खरीद का भुगतान बहत्तर घंटों के अन्दर सुनिश्चित करने के समी जिलाधिकारियों को दिये निर्देश प्रदेश सरकार ने दीपावली के मौके पर सभी अराजपित्रत राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की

प्रदेश में पिछले छत्तीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक हजार आठ सौ बावन नये मामले सामने आये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निमा सकता है कल शाम निवेशकों की विश्वस्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता लोकतंत्र स्थिरता निरंतरता और प्रदृषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संमावनाएं बनीं हैं उन्होंने कहा कि टेक्नॉलोजी और अत्याधुनिक प्रसंस्करण सुर्विधाओं से भारत कृषि पदार्थों का प्रमुख निर्यातक बन जायेगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है उन्होंने कहा कि इस साल भारत ने वैश्विवक महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान विश्व को भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र की एक झलक देखने को मिली श्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया हमारे देश की असली ताकत से अवगत हो चुकी है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट ने भारतीयों की उन विशेषताओं को सफलतापूर्वक उजागर कर दिया जिसके लिए वे जाने जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रकोप के दौरान देशवासियों ने उत्तरदायित्व करुणा राष्ट्रीय एकता और नवाचार की शानदार भावना प्रदर्शित की प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्मर बनाने की प्रधानमंत्री की सोच मात्र एक परिकल्पना नहीं है बल्कि यह सोची समझी आर्थिक रणनीति है उन्होंने कहा कि इस रणनीति का उद्देश्य हमारे कारोबारियों की क्षमताओं और कामगारों के कौशल का उपयोग करके भारत को निर्माण के वैश्विक केन्द्र के रूप में विकसित करना है केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत ने अक्षय ऊर्जा और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने सहित विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि देश ने सभी मानदण्डों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कल नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन के बारे में भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने दो हजार तीस तक अक्षय ऊर्जा का साढ़े चार सौ गीगावॉट उत्पादन हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कहा कि भारत ने विषैली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्घारित योगदान की घोषणा की है श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायू परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इससे निपटने के लिए समी देशों को मिलकर प्रयास करने चाहिए

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियां फिर से सामान्य हो रही हैं और विभिन्न आर्थिक मानदण्डों में प्रतिदिन सुधार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को धान खरीद का भूगतान बहत्तर घंटे के अन्दर सुनिश्चित करने के समी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को धान खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिये उन्होंने बताया कि धान क्रय कोन्द्रों पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक पैंसठ लाख कृन्टल से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाईस दशमलव ग्यारह मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिसिंग को और अधिक चुस्त दुरूस्त तथा नई चुनौतियों से प्रमावी ढंग से निपटने के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना काल में पुलिस के सामने भी कई चुनौतियां नये रूप में सामने आई हैं बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों को तलाशी तथा गश्त के आधुनिक तरीके बताये जा रहे हैं

प्रदेश के समी अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों राजकीय विमागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों राज्य वित्त पोषित शिक्षण संस्थाओं स्थानीय निकायों जिला पंचायत के कर्मचारियो और दैनिक वेतनभागी कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस देने की घोषणा की गयी है कर्मचारियों को वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए तीस दिनों के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस मिलेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वित्त विभाग ने कल बोनस भुगतान का शासनादेश जारी कर दिया बोनस की राशि का पच्चीस प्रतिशत नगद भुगतान होगा और पचहत्तर प्रतिशत राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को मण्डियों में बेहतर सुविधा देने एवं मण्डियों में कार्य कर रहे व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए मण्डी शुल्क की दर को एक प्रतिशत घटा दिया है मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी गयी देश में सतहत्तर लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं कोरोना से स्वस्थ होने की दर बान्नबे दशमलव दो शून्य प्रतिशत हो गई है ठीक होने वालों की संख्या कुल सक्रिय मामलों की संख्या का लगभग पन्द्रह गुना है पिछले छत्तीस घंटे के दौरान पचपन हजार से अधिक लोग कोरोना से ठीक हुए जबकि लगभग पचास हजार नए मामले सामने आए हैं सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों के छ दशमलव पांच प्रतिशत से भी कम हो गई है

राज्य के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल लखनऊ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पड़ोसी राज्यों के आसपास वाले जनपदों में विशेष साक्षानी बरतने की आवश्यकता है

राज्य के प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ आलोक कुमार ने बताया कि पिछले छत्तीस घंटों में प्रदेश में कोरोना से संक्रमित एक हजार आठ सौ बावन नये मामले सामने आये हैं वहीं तेईस हजार एक सौ पचास कोरोना के सक्रिय मामले हैं प्रदेश विधान परिषद की पांच स्नातक और छह शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की खाली सीटों के लिये नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया कि नामांकन सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल किये जा सकेंगे आगरा मेरठ लखनऊ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ वाराणसी बरेली मुरादाबाद मेरठ आगरा और गोखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग की दीयों की ऑनलाइन बिक्री ने इस दीपावली पर दीया बनाने वाली महिलाओं को आत्मनिर्मर बनने के लिए अच्छा अवसर दिया है आयोग ने पिछले महीने पहली बार दीयों की ऑनलाइन बिक्री शुरू की थी और एक महीने से भी कम समय में लगभग दस हजार दीयों की बिक्री हो चुकी है ऑनलाइन बिक्री की शुरूआत से ही मिट्टी के दीयों की मांग में तेजी देखी गई ये डिजाइनर दीये डब्लू डब्लू डब्लू डॉट खादी इण्डिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पर उपलब्ध हैं